शासी परिषद ने आवश्यक मशीनों की खरीदारी की दी स्वीकृति न् राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो हजार आठ सौ चौवालीस नए कोरोना संक्रमित मिले दूसरी ओर एक हजार तीन लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से मिली छुट्टी

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने देश भर में अगले महीने निर्धारित सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में विचार किया प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और साथ ही उनकी पढाई का भी नुकसान न हो

पहली जून को स्थिति की समीक्षा के बाद परीक्षा के बारे में फैसला किया जायेगा आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दसवीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और परिणामों को बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जायेगा कई राज्यों ने कोविड के बढते मामलों के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी

यह बैठक ऑनलाइन हुई जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की इसमें कई जरूरी समस्याओं पर चर्चा की गई और जरूरी मशीनों की खरीदारी की स्वीकृति दी गई

इसके अलावा तीन और आरटी पीसीआर मशीन की खरीदारी पर सहमति बनी इससे रिम्स में कोविड की जांच को बढ़ाया जा सकेगा

कार्डियोलॉजी विभाग के कैथलैब में प्लेन कैथ लैब और सिंगल प्लेन कैथ लैब की व्यवस्था के लिए टेंडर निकाल कर खरीदारी करने की स्वीकृ ति बैठक में दी गई बैठक में रांची के सांसद संजय सेठ कांके विधायक समरी लाल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव केके सोन आदि शामिल हुए राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो हजार आठ सौ चौवालीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख चौवालीस हजार पांच सौ चौरानबे पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर एक हजार तीन लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख छब्बीस हजार एक सौ अठहत्तर पहुंच गई है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर सत्रह हजार एक सौ पचपन पहुंच गई है कल उनतीस कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार दो सौ एकसठ पहुंच गई है राज्य में कोविड संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर सतासी दशमलव छह दो प्रतिशत हो गई है पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए व्यापक तैयारियां की गई हैं

इसी के तहत यह राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की जा रही है कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के निर्देश पर पिछले वर्ष प्रदेश कांग्रेस ेराहत एवं निगरानी समिति का गठन कर जरूरतमंद परिवारों को अनाज और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराया गया था इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी में सहयोग प्रदान किया गया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता की जाएगी पार्टी की ओर से सभी जिलों में होर्डिंग्स लगाये जाऐंगे एवं लोगों से सावधानी एवं ऐहतियात बरतने की अपील की जाएगी देशभर में आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का डॉक्टर आम्बेडकर का संघर्ष प्रत्येक पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बाबा साहेब को श्रद्वांजलि देते हुए कहा है कि बाबा साहेब ने संविधान के जरीये देश में समानता का भाव आम जनता को प्रदान किया है बाबा साहेब की भूमिका कभी भूलाई नहीं जा सकती रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अनुसूचित जाति का विकास सुनिश्चित कराने के लिए जनतांत्रिक गठबंधन सरकार एनडीए ने कई योजनाएं शुरू की हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के चार करोड़ से अधिक छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिल रही है

डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान को याद करते हए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बाबा साहेब को केवल दलित महापुरूष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि बाबा साहेब महान लेखक और विचारक थे जिनके भाषण दुनियाभर के विद्वान सुनते हैं

सरायकेला खरसांवा जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी से चोरी छूपे अवैध रूप से बालू की ढुलाई एवं अवैध भंडारण के मामले पर जिला पुलिस ने कार्रवाई करबालू लदे हुए दो हाईवा एक जेसीबी तथा एक ट्रैक्टर को जब्त किया है पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्सी ने बताया कि ईचागढ़ थाना में इस संबंध में अवैध उत्खनन के विरुद्व प्राथमिकी दर्ज की गई हैं

यह अभियान लगातार जारी रहेगी जिससे अवैध उत्खनन पर पूरी तरह से अंकुश लगाई जा सके सरायकेला खरसांवा के टाउन हॉल में अनमुंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश रंजन की अध्यक्षता में रामनवमी चैत्र नवरात्र चैती छठ एवं रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक की गई बैठक में सभी क्षेत्रों से शांति समिति के सदस्य एवं अखाड़ा समिति के सदस्य उपस्थित रहे बैठक में अनमुंडल पदाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण का प्रसार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है ऐसे में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन कर पर्व त्योहार रीति रिवाज के साथ मनाया जाएगा जिसमें किसी प्रकार का भीड़ एकत्रित नहीं की जा सकती है रैली कलश यात्रा व जनसभा इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है एसडीओ द्वारा भीड़ एकत्रित करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है मौसम विभाग के अुनसार कल से रांची समेत राज्य के कई जिलों मौसम फिर से करवट लेगा बादल छाये रहने के साथ बारिश होने के भी आसार हैं वहीं मौसम विभाग के अनुसार एक सब हिमालयन पश्चिमी विक्षोभ का टर्फ लाइन झारखंड में बना हुआ है फिलहाल इसका असर झारखंड के मौसम पर दिखाई दे रहा है कल के बाद अगले तीन दिनों तक रांची समेत रामगढ़ हजारीबाग खूंटी गुमला बोकारो देवघर धनबाद दुमका गिरिडीह गोड्डा जामताड़ा पाक्ड और साहेबगंज में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है इसे देखते हए मौसम विभाग ने तीन दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है सिमडेगा के पूर्व विधायक नियेल तिर्की का रांची स्थित रिम्स ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान निधन हो गया उनके निधन से शोक का माहौल बना हुआ हैं लोगों ने दिवंगत की आत्मा की शांति की प्रार्थना की है